झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाशन के साथ भा़रू कहा सभी वर्गों के विकास पर सरकार का जोर

जेपीएससी ने सं ोधित परीक्षा कैलेंडर किया जारी इस साल होने वाली सभी परीक्षाओं को किया गया भाामिल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

मास्क पहनें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 हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब से थोड़ी देर पहले दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नयी उर्जा और नयी उत्साह मिलने वाला है उन्होंने कहा कि पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषन के साथ शुरू हुआ इस मौके पर श्रीमति मुर्मू ने कहा कि सभी वर्गो के विकास पर सरकार का जोर है राज्यमर में सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है सोलर हाई लाईट मास्ट लाईट सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी सदन को संबोधित किया

निर्वाचन आयोग आज शाम साढ़े चार बजे पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल असम और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा इन राज्यों में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छिहतर नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार सात सौ पन्चानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टडी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की क्ल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजोर दो सौ इकतालीस पहुंच गई है वहीं दूसरी और सरायकेला खरसांवां जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है कल जिले में छह संक्रमित मरीज मिले हैं सभी गम्हरिया और आदित्यपुर के हैं

उन्होंने कहा कि भारत कोविड़ वैक्सीन का निर्माण भी कर रहा है और विश्व को भी दे रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोविड़ महामारी से जो हमें सीख मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है

ऐसे में जिला में उपलब्ध किरोसिन को असुरक्षित मानते हुए आईओसीएल को वापस भेजने का निर्देश दिया गया है जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं किरोसिन की जांच और उसके बाद उसके सुरक्षित उपयोग का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही लोगों को इसे उपलब्ध कराया जाएगा उपायुक्त कल देर शाम कहा कि किसी भी स्थिति में संदिग्ध किरासन तेल के वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल शाम खूंटी में बैठक की इस बैठक में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी शामिल हुये

साथ ही पुलिस की गोली से घायल चालीस प्रतिशत तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के परिवार के एक सदस्य को भी इसका लाभ दिया जाएगा राजधानी रांची में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया सीधी भर्ती के लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जायेगा आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा राज्य सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को सात हजार रुपए तक की मासिक पेंशन भी देगी इसके अलावा पुलिस की गोली से चालीस प्रतिशत तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभुकों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत तक का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा इसके तहत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों में लाभुकों के लिए पात्रता के आधार पर वर्गवार सीटें भी आरक्षित की जाएंगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मनरेगा के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर एक सौ चौरान्बे रुपए से बढ़ाकर दो सौ पदीस रुपये करने का भी फैसला लिया गया

इससे संबंधित बिल अब बजट सत्र में पेश किया जाएगा इसके बाद अब कोई हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा इस मामले में एक से तीन साल तक की कैद भी हो सकती है अब कोई भी व्यक्ति सिगरेट का बंद पैकेट बेच सकता है खुली सिगरेट बेचने पर रोक लगा दी गई है झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है इसमें साल दो हजार एक्कीस में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है

वहीं अन्य परीक्षाओं के अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है देश को खिलौना निर्माण का केन्द्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चअल आयोजन किया जा रहा है

आइये सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है विचार और सुझाव प्राप्त करने का आज अंतिम दिन है

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा सोननगर से पतरातु तक रेलवे के फ्रेड कॉरिडोर को लेकर तेजी से काम चल रहा है